आज विश्व पर्यावरण दिवस है

राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने कहा है कि बिना मान्यता वाले कॉलेजों में विद्यार्थियों का नामांकन लेने वाले कॉलेजों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किये जायेंगे पटना के राजभवन में आयोजित बैठक में मगध विश्वविद्यालय वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय और बीआर अम्बेदकर विश्वविद्यालय के कुलपतियों कुलसचिवों और परीक्षा नियंत्रकों ने भाग लिया बैठक के बाद राज्यपाल के प्रधान सचिव आर के महाजन ने बताया कि बिना संवद्धता वाले कॉलेजों के नामांकित विद्यार्थियों के शैक्षणिक सत्र के शेष अवधि के लिये नजदीक के अंगिभूत महाविद्यालयों में नामांकन और अध्ययन की सुविधा प्रदान की जायेगी प्रधान सचिव ने बताया कि तेरह जून को पटना के राजभवन में राज्यपाल की अध्यक्षता में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक होगी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विज्ञान मानविकी और सामाजिक विज्ञान में जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिये दी जाने वाली राशि बढ़ा दी है यूजीसी के सचिव रजनीश जैन की ओर से जारी सूचना के अनुसार जेआरएफ के लिये पच्चीस हजार रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर इकतीस हजार और एसआरएएफ को अठाईस हजार से बढ़ाकर पैंतीस हजार रूपये प्रतिमाह करने को मंजूरी दी गयी है संशोधित दरें इस साल एक जनवरी से लागू हो गयी है इसके अंतर्गत मकान किराया भत्ता आठ प्रतिशत सोलह प्रतिशत और चौबीस प्रतिशत की संशोधित दरों पर शोधकर्ता के कार्यस्थल के अनुसार दिया जायेगा इसके साथ ही यूजीसी ने देशभर के कूलपतियों को पत्र लिखकर समयसीमा के भीतर संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षकों को नियुक्त करने का निर्देश दिया है इधर जेईई एडवांस की आंसर की जारी कर दी गयी है अभ्यर्थी आंसर की को अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं अधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि किसी छात्र को आंसर की पर आपत्ति दर्ज करानी है तो वे आज शाम पांच बजे तक दर्ज करा सकते हैं राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में ईद उल फितर का त्योहार आज अकीदत के साथ मनाया जा रहा है पवित्र रमजान महीने की समाप्ति पर इस त्योहार को मनाया जाता है ईद को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा बलों की नियुक्ति के साथ गश्ती बढ़ा दी गयी है विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि लोग सुबह से ही ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं ईदगाह मस्जिदों और सार्वजनिक स्थलों पर ईद की नमाज अदा की जा रही है ईद के मौके पर राज्यपाल लालजी टंडन ने राज्यवासियों को मुबारकबाद दिया है अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि इस पर्व को प्रेम और भाईचारे के साथ मनाया जाए तथा सभी एक दूसरे की खुशियों में शामिल होकर राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता सुदृढ़ करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में प्रदेशवासियों से पारस्परिक सौहार्द आपसी प्रेम और सहिष्णुता के साथ ईद उल फितर मनाने की अपील की है उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक विविधता भारत की ताकत का पर्याय है और इसका सम्मान सभी को करना चाहिए केंद्रीय कर्मचारियों के अनुरूप राज्यकर्मियों को भी एक अप्रैल दो हजार उन्नीस से तीस जून दो हजार उन्नीस तक की अवधि में पीएफ खाते में जमा राशि पर बिहार सरकार आठ प्रतिशत सूद देगी इधर केंद्र सरकार ने तीन अप्रैल दो हजार उन्नीस को संकल्प जारी कर पीएफ खाते में जमा राशि पर पूर्व की तरह आठ प्रतिशत सूद की राशि देने के निर्णय को बरकरार रखा है आयकर विभाग ने वित्तवर्ष दो हजार अठारह उन्नीस के लिए टीडीएस फॉर्म सिक्सटीन जारी करने की समयसीमा पच्चीस दिन बढ़ा दी है अब नियोक्ता अपने कर्मचारियों को दस जुलाई तक यह फॉर्म जारी कर सकेंगे पहले यह तिथि पंद्रह जून थी नियोक्ताओं द्वारा फॉर्म टवेंटी फोर क्यू में आयकर विभाग को टीडीएस जमा करने की अंतिम तिथि एक महीना बढ़ाकर तीस जून कर दी गई है केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि समय पर टीडीएस भरने में आने वाली अड़चनों को दूर करने के उद्देश्य से समय सीमा बढ़ाई गई है आज विश्व पर्यावरण दिवस है इस अवसर पर केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक एक पौधा लगाने की अपील की है नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने लोगों से पौधा लगाने की सेल्फी लेकर भेजने का भी अनुरोध किया बाईट प्रकाश जावड़ेकर कोई ने कोई सैप्लिंग लगाए और सेल्फी विद सैप्लिंग हैश टैग करके भेजे तो ये बहत जनता का सहयोग रहेगा क्योंकि मोदी सरकार की प्राथमिकता है पर्यावरण और जनमागीदारी और ये जनभागीदारी इससे होगी और एक बात है कि इस साल वायु प्रद्वण पर यूएन का ज्यादा जोर है वही थीम है तो उसके लिए हमने क्लीन एयर मिशन तैयार किया है और उसके भी कार्यक्रम आने वाले दिनों में होंगे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पर्यावरण केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं है और साफ पर्यावरण का लक्ष्य प्राप्त करने में लोगों की भागीदारी भी जरूरी है इधर पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं केंद्र सरकार ने बुजुर्गों का ख्याल रखते हुये राष्ट्रीय व्योश्री योजना को विस्तार देने का फैसला लिया है नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि ये योजना अब देश के सभी जिलों में लागू होगी उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को बैशाखी चश्मा सुनने की मशीन छड़ी कृत्रिम दांत और जबड़ा सहित कई उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं मौसम विभाग ने कहा है कि अगले चौबीस घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है विभाग ने तीस से चालीस किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी भी चलने की आशंका जतायी गयी है गया उनतालीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा पटना का अधिकतम तापमान अड़तीस दशलमव छह भागलपूर का छत्तीस दशमलव चार और पूर्णियां का चौंतीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया निगरानी ब्यूरो की टीम ने पटना स्थित बिहार स्टेट फॉर्मेसी काउंसिल में संविदा लिपिक के पद पर काम करने वाले राजू कुमार शाह को बारह हजार रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी समीप मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रही बस लखनऊ एक्सप्रेस वे पर चालक के झपकी आने से दुर्घटनाग्रस्त हो गयी इस हादसे में बस में सवार तीन दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गये गंभीर रूप से घायल लोगों को सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया है बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के शतब्दी वर्ष समारोह में नौ जून को देशभर के सौ हिन्दीसेवी विद्वानों का सम्मान किया जायेगा सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल सुलभ ने बताया कि सम्मानित सभी विद्वानों के परिचय और कृतियों पर आधारित पुस्तक का प्रकाशन देश के सौ मनीषी विद्वान के रूप में किया जायेगा विश्व कप क्रिकेट में आज विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया साउथम्टन में अपना पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी भारतीय टीम अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं खेला है वहीं दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की टीम इंग्लैंड और बांग्लादेश से शुरुआती दो मैच हार चुकी है दो बार का विश्व विजेता भारत दक्षिण अफ्रिका के विरूद्ध मजबूत टीम उतारेगा आकाशवाणी से विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता का आंखों देखा आज से प्रसारित किया जाएगा प्रसार भारती के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेमपटि ने एक टवीट में कहा कि आकाशवाणी से आंखों देखा हाल पहली बार इंटरनेट पर भी उपलब्ध होगा भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला दिन के तीन बजे से शुरू होगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुख सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान का शीर्षक है विश्वकप क्रिकेट में दक्षिण अफ्रिका के खिलाफ पहला मैच विराट की कप्तानी में पचासवीं जीत का अवसर दैनिक जागरण ने विश्वकप क्रिकेट की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हये लिखा है सवा अरब उम्मीदों के साथ उतरेगी टीम इंडिया विराट की सबसे बड़ी परीक्षा दैनिक भास्कर की सुर्खी है पंद्रह अगस्त दो हजार बीस के पहले राज्य के हर घर में लगेंगे प्रीपेड मीटर

आज विश्व पर्यावरण दिवस है